इस दौरान वे टांडाबनौरीराजपुर के पंतेहड़ मारंडा व चौकी सहित अन्य वार्डो में जनसभाएं करेंगे जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए साथ चलने वाली नगर निगम होनी चाहिए धर्मशाला में कल पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि धर्मशाला में नगर निगम में कांग्रेस पूरी तरह विफल रही है और नगर निगम पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच करवाई जाएगी एक सवाल के जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की चुनौती पर नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाये जा रहे हैं और इन चुनावों में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है अधिसूचना राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी अधिसूचना कल देर शाम जारी कर दी है

इसके अलावा पांच वर्ष तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवाएं देने वालों को भी नियमित करने का आदेश दिये हैं अधिसूचना के मुताबिक ये नियमितीकरण खाली पदों पर होगा निर्देश केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण रोकने के लिए ज़िला कार्रवाई योजना बनायें राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना करें इन केन्द्रों की टीम चौबीस घंटे संक्रमण के फैलाव वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करेगी राज्यों को मामलों के मानचित्रण क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी ज़िलों को शतप्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है फेफड़ों पर अटैक कर रहा नया स्ट्रेन आपका फैसला के शब्द हैं और अधिक खतरनाक बनकर लौटा है कोरोना

दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहें लोग कर्मियों को नियमित किए जाने को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है अनुबंध कर्मी दिहाड़ीदार होंगे रेगुलर पंजाब केसरी के शब्द हैं अनुबंध पर तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने के निर्देश दैनिक जागरण का शीर्षक है अनुबंध कर्मचारी होंगे नियमित दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हजारों कर्मचारियों की नौकरी पक्की

दैनिक जागरण ने लिखा है अग्निकांड में दम घुटने से पति पत्नी व दो बच्चों की मौत